कोरोना के कल इंदौर जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं

जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह दो दिन का और लॉकडाउन घोषित करते हुए लोगों से इसका पालन करने की अपील की है

जबकि दो मरीजों की मृत्यु हो गयी है

यहां संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज और कल पूरी तरह लॉकडाउन घोषित किया गया है

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों को पिछले वर्ष से अधिक मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय रसायन और ऊवर्रक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात कर उन्होंने अतिरिक्त यूरिया आवंटन को आग्रह किया था जिसके उन्होंने स्वीकार कर लिया

जो कि पिछले वर्ष से करीब तीन लाख टन अधिक है खाद भण्डारण प्रदेश में खाद के भण्डारण परिवहन और विक्रय पर सख्ती से निगरानी की जा रही है राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को खाद यूरिया वितरण की व्यवस्था की निगरानी के लिए आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश भी दिये हैं

इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेनदेन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े ई अभियान करदाताओं के फायदे के लिए संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय लेन देन संबंधी विवरण स्रोत पर आयकर की कटौती स्रोत पर कर वसूली और विदेशी प्रेषण जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चुने हुए करदाताओं को ई मेल और एसएमएस से सूचित करेगा उद्यानिकी योजना उद्यानिकी राज्यमंत्री भारत सिंह कृशवाहा ने किसानों की दिलचस्पी और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर जिले के लिए उद्यानिकी कार्ययोजना बनाये जाने पर जोर दिया है उन्होंने कल ग्वालियर में आयोजित अधिकारियों की बैठक में कहा कि कार्ययोजना ऐसी होनी चाहिए जो किसानों की आय का प्रमुख जरिया बने श्री कुशवाहा ने कहा कि ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों में उद्यानिकी की भरपूर संभावनाए हैं और किसानों की राय लेकर ठोस कार्ययोजना बनाये जाने की जरूरत है

विशेष अभियान इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनका कुपोषण दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है

महाकाल सवारी भगवान शिव महाकाल की तीसरी सवारी आज शाम उज्जैन में महाकाल मंदिर से परिवर्तित मार्ग से निकाली जायेगी कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने कोरोना संकमण को देखते हुए श्रद्वालुओं से सवारी देखने के लिए घरों से बाहर न निकलने का आग्रह किया गया है सवारी मार्ग पर ऐसे प्रबंध किये गये हैं जिससे बाहर एकत्रित होने पर भी सवारी के दर्शन नहीं हो पायेंगे उन्होंने घरों में रहकर विभिन्न चेनलों पर लाईव प्रसारण से सवारी के दर्शन करने की अपील की है

वे केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद दोपहर में राजधानी वापस लौटेंगे

जिसमें किसान और जनहितैषी मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई